लैण्डर विक्रम अपने ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग हो गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन में एक बजकर पन्द्रह मिनट पर ऑर्बिटर से लैण्डर को अलग करने का काम तेजी से पूरा किया बेंगलुरू में इसरो के मिशन कन्ट्रोल केन्द्र में बैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने रिमोट से कुछ मिली सेकेण्ड में यह कार्य सम्पन्न किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण के बाद अब वैज्ञानिकों का पुरा ध्यान लैण्डर मॉड्यल को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्व पर उतारने पर रहेगा इस मॉड्यूल में लैण्डर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं जो इस समय आपस में ज़डे हए हैं

लैण्डर विक्रम का वज़न लगभग डेढ़ टन है और वह अपने सौर पैनलों का इस्तेमाल करके छः सौ पचास वॉट क्षमता की बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है

पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायू परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जिसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है प्रत्येक राष्ट्र को इससे निपटने में योगदान करना होगा वे आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मरूस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के चौदहवें सम्मेलन सीओपी चौदह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सम्मेलन के बाद दिल्ली घोषणा से इस दिशा में रणनीति बनाने में मदद मिलेगी उन्होंने इस आयोजन के दौरान जलवायू परिवर्तन के विषय पर सार्थक वार्तालाप की उम्मीद भी जताई उच्चतम न्यायालय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की अवमानना याचिका पर कल सनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की पीठ ने राजीव धवन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि अवमानना याचिका पर विचार किया जाएगा मुख्य याचिकाकर्ता एम सिद्दीक और ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा है कि उन्हें इस मुकदमे के लिए धमकियां भिली हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता हासिल करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में नये अनुसंघान आवश्यक हैं आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के उन्सठवें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी हमेशा नई सोच के साथ उपलब्धि हासिल करती आई है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के उस कथित विवादित बयान की कडी आलोचना की है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल पाकिस्तान की ख्रफिया एजेंसी आईएसआई से धन प्राप्त करते हैं आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए संबित पात्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान की आलोचना करते हुए उनसे क्षमा मांगने को कहा है उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम से कहा कि वे अंतरिम संरक्षण के लिए उपयुक्त न्यायालय में जाएं शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा और यदि संबंधित अदालत उन्हें जमानत नहीं देती है तो वे बृहस्पतिवार तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे गणेश चतुर्थी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति और है ोल्लास के वातावरण में मनया जा रहा है बुद्धि विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का दस दिन का जन्मोत्सव आज से शुरु होकर गणेश चत्र्दशी के दिन सम्पन्न होगा इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में घरों और पण्डालों में भगवान गणेश की प्रतिमा की प्रांण प्रति ठा की गयी है इन प्रतिमाओं की पूजा अर्चना का सिलसिला गणेश चतुर्थी तक चलेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को पर्व की बघाई दी है

शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं विशेक्षा रूप से महिलाओं की भारी भीड़ है